ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचारों की विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिये इंदौर में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर एक रिपोर्ट उत्तरी हवाओं के चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट प्रदेश के अधिकांश जिलों में सर्दी का असर बढ़ा

आज नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे इस सत्र को पिछले सत्र जितना ही सफल बनाए

विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने सर्वदलीय बैठक में लोकसभा सांसद फारूख अब्दुल्ला की हिरासत के मुद्दे को उठाते हए मांग की कि उन्हें सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए कांग्रेस के ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सत्र के दौरान आर्थिक मंदी बरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए तुणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने बेरोजगारी पर चर्चा कराए जाने की मांग की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन लोक जन शक्ति पार्टी के चिराग पासवान समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव तेलगुदेशम पार्टी के जयदेव गल्ला द्रमुक के टी आर बालू और अन्ना द्रमुक के नवनीथ कृष्णन और कई अन्य सांसद भी उपरिथित थे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी आज राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की इस बीच एनडीए के घटक दलों की भी आज संसद भवन परिसर में बैठक हुई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सभी राजनीतिक दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील की थी अयोध्या प्नर्विचार याचिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्नर्विचार याचिका दाखिल करेगा बोर्ड की आज लखनऊ में हई कार्यकारी बैठक में यह फैसला लिया गया बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सही बात के लिए लड़ना उनका हक है उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर मुसलमान फैसले पर पुनर्विचार चाहते हैं बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के कई बिन्द्ओं पर आपत्ति की है

बोर्ड ने कहा कि मस्जिद के लिए कोई अन्य स्थान या जगह स्वीकार नहीं होगी उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मुसलमान समुदाय के कई मुद्दों को अनदेखा किया है इससे पहले श्री जिलानी ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय का फैसला संतोषजनक नहीं है केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहले ही कहा है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जायेगी शबरीमला पूजा केरल के शबरीमला में भगवान अय्यप्पा मंदिर में आज मंडल पूजा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचे यह पूजा प्रतिवर्ष दो महीनों तक चलती है आज सुबह मंदिर के कपाट खुलने के बाद हजारो श्रद्वालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की इस दौरान कड़ी सुरक्षा बनी रही उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष इस मंदिर में महिलाओं को भी प्रवेश देने का आदेश दिया था लेकिन केरल सरकार ने मंदिर जाने की इच्छुक महिलाओं को पुलिस सुरक्षा देने से इंकार किया है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

बड़वानी जिले के अंजड़ ठीकरी मार्ग पर ग्राम मंडवाड़ा के समीप आज कार और कंटेनर की भिड़ंत मे पांच लोगों की मृत्यू हो गई और एक बच्ची घायल हो गयी जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया वहीं शिवपुरी जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में दो बच्चों और एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई पुलिस सूत्रों के अनुसार शिवपुरी में ग्वालियर देवास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पडोरा गांव के पास एक बालिका की ट्रक से कुचल जाने से मृत्य हो गई

इसी तरह शिवपुरी जिले के मुगावली तिराहे पर एक महिला की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई दूसरी ओर जिले के अलगी गांव के पास मोटरसायकल के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से चालक की मौत हो गई ओलंपिक इंदौर में कल सोमवार से ग्रू नानकदेवजी प्रांतीय ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

प्रतियोगिताएं षहर के अलग अलग खेल मैदानों पर आयोजित होगी

उधर खंडवा में भी कल से प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन विकासखंड एवं जिलास्तर पर किया जायेगा प्रदेश मौसम प्रदेश से मॉनसून की विदाई के बाद अब मौसम सामान्य है अधिकांश जिलों में दिनभर ध्रप खिली रहती है लेकिंन रात के तापमान में लगातार गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है मौसम केन्द्र ने बताया कि उत्तरी हवाओं के चलने से अगले दो से तीन दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आयेगी जिससे तेज सर्दी पड़ने की संभावना है उत्तरी हवाओं का असर कायम रहने से दिनो दिन सर्दी में इजाफा होता चला जायेगा

वे कल सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है

तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की